कोरोना प्रदेश मध्यप्रदेश में कोरोना संक्रमण का पहला मामला जबलपुर में मिला है एक ही परिवार के तीन सदस्य कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं इनके अलावा एक और व्यक्ति को कोरोना संक्रमित पाया गया है यह परिवार हाल ही में दुबई से लौटा था जबकि चौथा व्यक्ति जर्मनी से लौटा था इसके बाद चारों संक्रमित लोगों को जबलपुर मेडिकल कॉलेज में आइसोलेशन में रखा गया है पीड़ितों में दो महिलाएं शामिल हैं

बाजार भी तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है रतलाम में कलेक्टर रूचिका चौहान ने धर्मगुरूओं व्यापारियों और दवा विक़तोओं की बैठक की जिसमें अपील की गई कि धार्मिक स्थलों पर ज्यादा लोगों एकत्रित न होने दिया जाये

नीमच में जिला स्तरीय कन्ट्रोल रूम बनाया गया है

इसपर कोरोना वायरस से संबंधित सूचना दी जा सकती है बैतूल में सीएमएचओ डॉक्टर गिरिशचन्द्र चौरसिया ने बताया कि मुलताई में कोरोना से पीड़ित मरीज पाये जाने की खबर पूरी तरह गलत है उन्होंने अपील की कि व्हाटसअप पर ऐसे भ्रामक समाचार न फैलाये

लोगों से कहा गया है कि आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकले सागर कलेक्टर ने कहा है कि शहर में सैनेटाइजर और मास्क की कमी नहीं आने दी जायेगी इसके लिए तीन स्थानों पर मास्क और सैनेटाजर तैयार किये जा रहे हैं

शिवपुरी कलेक्टर ने कहा कि कोरोना वायरस से बचाव से हम सबकी जिम्मेदारी है उन्होंने इस संबंध में मंदिर के पूजारियों और धर्मगुरूओं के साथ बैठक की साथ ही धार्मिक मेलों के आयोजन न करने की अपील की

दतिया मुरैना भिंड जिलों में भी ये प्रतिबंध जारी रहेंगे रतलाम रेलवे मंडल में चलने वाली अधिकांश पेसेंजर मेल और एक्सप्रेस गाड़ियों को जनता कर्फ्यू को देखते हुए निरस्त कर दिया गया है रायसेन में शराब दुकानों और आहातों को आगामी आदेश तक बंद कर दिया गया है नरसिंहपुर में जिला प्रशासन ने दूध फल सब्जी की दुकानों को छोड़कर अन्य द्वकाने बंद रखने की अपील की है अशोकनगर कलेक्टर ने कहा कि कोराना से डरने की जरूरत नहीं है लेकि उससे बचाव के लिए सावधानी नितांत आवश्यक है शिवपुरी में स्वास्थ्य विभाग ने जन जागरूकता रैली निकाली

तमाम क्षेत्रों के प्रभावशाली और उपलब्धियां हासिल करने वाले लोग जनता कर्फ्यू का समर्थन कर रहे है इन लोगों ने जनता कर्फ्यू लगाने के लिए पूरे देश से साथ आने का आग्रह किया है इनमें अभिनेता कमल हसन क्रिकेटर केविन पीटरसन और तेलुगू देशम पार्टी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायड् शामिल हैं

उन्होंने कहा कि प्रदेशवासी प्रतिबद्ध होकर रविवार को जनता कर्फ्यू का पालन करें श्री टंडन ने कहा कि नोवल कोरोना वैश्विक संकट है इससे डरने और घबराने की जरूरत नहीं है आवश्यकता सावधानियों का पालन करने की है राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री के मंत्र हम स्वस्थ जग स्वस्थ का पालन करने के लिए संकल्पित हों

भाजपा के आला नेताओं ने कल अपने विधायकों के साथ विधानसभा भवन और पार्टी कार्यालय में अनौपचारिक बैठकें की वहीं दिल्ली में भी वरिष्ठ नेताओं ने राज्य के राज्नीतिक हालात पर मंथन किया भाजपा विधायक दल की औपचारिक बैठक एक दो दिन में होने की संभावना है इसमें विधायक दल के नेता का चयन भी किया जाएगा पार्टी सूत्रों का कहना है कि नई सरकार का गठन नवरात्रि के पहले दिन हो सकता है इस बीच वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने लेखानुदान की तैयारियां शुरू कर दी है नई सरकार के गठन के साथ कांग्रेस सरकार द्वारा तैयार बजट पर अमल होने की संभावना कम है इसलिए यह रास्ता निकाला जा रहा है विधायक इस्तीफा विधानसभा सचिवालय ने स्पष्ट किया है कि भाजपा विधायक शरद कोल का विधायक पद से त्यागपत्र स्वीकार नहीं किया गया है

सियासी उठापटक के बीच कल सुबह खबर आयी थी कि उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया गया है दरअसल श्री कोल राजनैतिक घटनाक्रम के बीच कथित तौर पर कांग्रेस के संपर्क में बताए जा रहे थे

यहां उन्होंने भाजपा के प्रति निष्ठा जाहिर करते हुए कहा कि वे भाजपा में थे हैं और रहेंगे उधर कांग्रेस सरकार में खनिज मंत्री रहे निर्दलीय विधायक प्रदीप जायसवाल ने नई सरकार के साथ मिलकर काम करने की इच्छा जताई

रेलवे बोर्ड के आदेश में कहा गया है कि पहले से ही चल रही मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां कल सुबह चार बजे रुक जाएंगी सभी उपनगरीय रेलगाड़ियां की संख्या सीमित कर दी जाएगी कल सुबह सात बजे पहले से ही चल रही पैसेंजर रेलगाड़ियों को उनके गंतव्य तक जाने की अनुमति होगी आदेश में सभी मण्डलों से कहा गया है कि खाली रेलगाड़ियों को कम दूरी पर समाप्त कर दी जाएं

इससे दलहनी फसले प्रभावित हुई है

साथ ही विधानसभा एवं पंचायत की मतदाता सूची का भी निरीक्षण किया गया